मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर प्रदेश के विभिन्न मुददों पर की चर्चा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

इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन में वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रूपये की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए उन्होंने कसौली अर्की और सोलन विधानसभा क्षेत्र में कई सौगातें दीं इस दौरान परवाणु से स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल अर्की और सोलन से जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है और उन क्षेत्रों में भी समान विकास किया है जहां से कांग्रेस के विधायक जीतकर आए हैं उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रकिया है और राज्य सरकार हर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है

इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की

महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को विकास की ध्री बनाकर गावों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जल पहुंचाने के सपने को साकार करने में राज्य सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हर घर को शुद्ध जल प्रदान करने के लक्ष्य पर युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है

ये जानकारी ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर ने हरोट पंचायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि ये पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा वीरेन्द्र कंवर ने लोगों से पंचायत चुनाव में ईमानदार व स्वच्छ छवि वाले लोगों को आगे लाने का आहवान किया ताकि ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास संभव हो सके उन्होंने सर्वसम्मती से निर्विरोध प्रतिनिधि चुनने की भी वकालत की इसके अलावा उन्होंने बंगाणा में अग्निशमन केंद्र और होमगार्ड कार्यालय का भी उद्घाटन किया सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा के लदवाड़ा में लदवाड़ा रजोल बस सेवा का शुभारम्भ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है इस दौरान उन्होंने रछियालू में महिला मंडलों को चैक वितरित किए और बेंटलू के सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया

वे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के साथ रूसा के अंतर्गत राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रदेश के युवाओं से भारतीय सेना के वीर जवानों के जीवन से अनुशासन समर्पण और प्रतिबद्धता की सीख लेने का आहवान किया है

राकेश पठानिया ने सौरभ वन विहार का दौरा कर वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान कैडिट कार्ड जैसी स्वर्ण योजना लाने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने कहा कि इससे किसानों का मान सम्मान बढ़ा है और कृषि से जुड़ी खरीददारी करने में किसानों को बड़ा फायदा मिला है

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए सभी ब्लॉक अध्यक्षों से पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का आहवान किया है आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ज़िला बिलासपुर के प्रभारी व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हर्षवर्धन सहित अन्य नेताओं को संबोधित किया राठौर ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे लाएं और प्रत्याशियों का चयन सर्वसम्मति से करें माकपा मार्क्सवादी काम्यूनिस्ट पार्टी ने शिमला शहर में कूड़े और पानी के भारी भरकम बिल देने की कड़ी निंदा की है